केन्द्र सरकार ने नोवल कोरोना वायरस को अधिसूचित आपदा का दर्जा दिया है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

इघर कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार सर्तक है मुख्य सचिव डीके तिवारी ने कहा है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है प्रत्येक दो दिनों पर सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ समीक्षा की जायेगी उन्होंने कहा है कि झारखंड समेत पूर्वी भारत में अभी तक कोरोना का कोई केस नहीं मिला है फिर भी सरकार ने एहतियातन सार्वजनिक कार्यकमों को रद्द करने का फैसला लिया है मुख्य सचिव ने बताया कि इस मुद्दे पर अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों से भी निरंतर बात हो रही है स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देश दिये गए हैं कि पूरी मुस्तैदी के साथ विभाग तैयार रहे कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने वायरस के फैलाव को रोकने के उपायों और तैयारियों पर राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए से समीक्षा की श्री गौबा ने कहा कि मरीजों को अलग रखने के लिए पृथक वार्ड पर्याप्त संख्या में तैयार किए जाने चाहिए उन्होंने कहा कि निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार वायरस के फैलाव वाले देशों से आने वाले यात्रियों को भी अलग रखा जाना चाहिए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

आईआईटी आईएसएम धनबाद ने कोरोना वायरस को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं शिक्षकों और छात्रों से अनुरोध किया गया है कि वे विदेश दौरा न करें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें लोगों को बड़ी सभाओं में हिस्सा न लेने की सलाह दी गई है खांसी बुखार से पीड़ित व्यक्ति को अन्य लोगों के संपर्क आने से बचने को कहा गया है लोगों को बिना हाथ घोये आंख नाक और चेहरे का स्पर्श न करने का परामर्श दिया गया है साबुन पानी से बार बार हाथ घोने या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ साफ करने को कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यह भी सलाह दी गई है कि खांसते और छींकते समय रूमाल अथवा टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए और इस्तेमाल टिश्यू पेपर तत्काल बंद डिब्बों में फेंके जाने चाहिए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 चिकित्सक के पास जाते समय मास्क पहने अथवा मुंह और नाक को कपड़े से ढककर रखें

जीएसटी परिषद की कल नई दिल्ली में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया

वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी भुगतान में देरी के लिए पहली जुलाई से शुद्ध कर देनदारी पर ब्याज लगाया जाएगा उन्होंने कहा कि जीएसटी नेटवर्क की हार्डवेयर क्षमता बढ़ाने के लिए इंफोसिस से अधिक क्शल श्रमबल को शामिल करने के लिए कहा गया है राज्य में बिजली व्यवस्था द्रूस्त करने में टाटा पावर सहयोग करेगा टाटा पावर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीर सिन्हा ने कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर कहा कि टाटा पावर राज्य में सौर ऊर्जा आधारित प्लांट लगाने की दिशा में काम करेगा मुख्यमंत्री आवास में हुई इस बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर डीके तिवारी भी मौजूद थे इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बिजली व्यवस्था को दुरूस्त कर निर्बाध बिजली जनता को उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है

इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों का सम्मान करना और बाजार में उनके शोषण को रोकना है इस वर्ष का विषय है सदैव सजग उपभोक्ता पश्चिमी विक्षोभ और एंटी साइक्लोनिक सर्क्तलेशन के कारण कल से राज्यभर में बारिश हो रही है बारिश का आम जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की वजह से रबी की फसलों और सब्जियों को भी काफी न्कसान पहुंचा है मौसम विभाग के अनुसार लगातार हो रही इस बारिश से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आयी है मौसम विभाग के अनुसार आज भी बादल छाये रहेंगे सत्रह मार्च को बारिश से राहत मिल सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए अब सरकारी विद्यालयों में कम्प्यूटर एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है इसी कड़ी में आकांक्षी जिला खूंटी के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को लगातार पांच दिनों तक कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया कोरोना वायरस के कारण इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की तिथि आगे बढ़ाये जाने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेन्द्र सिंह धौनी और साथी खिलाड़ी तेज गेंदबाज मोनू कुमार कल देर रात रांची लौट गए गुरूवार को टीम के अभ्यास मैच में तेज शतक जड़कर धौनी ने अपनी तैयारी साबित की थी